कोविड रोगियों के लिए टू डीऑक्सी डी ग्लूकोस दवा की पहली खेप को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया जारी

देश में विकसित भारत बायोटेक का कोवैक्सीन कोरोना वायरस स्ट्रेन से निपटने में साबित हुआ कारगर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

मास्क पहनें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 हाथ और मुंह सॉफ रखें देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच संक्रमण मामलों में कमी दर्ज की गई है देश में स्वस्थ होने की दर में निरन्तर सुधार हो रहा है पिछले चौबीस घंटों में तीन लाख अठहत्तर हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि अब कुल संक्रमित मामलों का केवल तेरह दशमलव दो आठ प्रतिशत मरीज इलाजरत हैं देश में स्वस्थ होने की दर चौरासी दशमलव दो शून्य प्रतिशत पहुंच गई है देश में अब तक दो करोड ग्यारह लाख से अधिक रोगी इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार हजार एक सौ छह लोगों की मौत हई है अब तक देश में मरने वालों की संख्या दो लाख चौहतर हजार से अधिक हो गई है इसबीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश में अब तक इकतीस करोड़ चौसठ लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियासी दशमलव नौ नौ प्रतिशत तक पहुंच चुकी है जो राष्ट्रीय औसत से दो दशमलव सात नौ प्रतिशत अधिक है राज्य में कोरोना के संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर छतिस हजार पांच सौ चालीस पहंच गयी है पिछले चौबीस घंटों में सात हजार एक सौ उत्रिस लोग स्वस्थ हुए हैं जिसकी संख्या नये सक्रिय मामले मिलने की संख्या से लगभग तीन गुनी हो चुकी है पिछले चौबीस घंटों में दो हजार तीन सौ इक्कीस नये सक्रिय मामलों की पुष्टि हई है राज्य में तेरह मई तक प्रभावी दो हफ्ते के आंशिक लॉकडाउन और राज्य सरकार द्वारा किये गये कड़े उपायों के कारण संक्रमण की दर में करीब दस प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है फिलहाल राज्य में संक्रमण दर करीब छह प्रतिशत पाया गया है राज्य में कोरोना से मरनेवालों की संख्या में भी कमी आयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में मात्र अड़तालीस संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई है राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत उनतीस लाख संतावन हजार चार सौ छियानबे लोगों को कोविड की पहली डोज और छह लाख उनहत्तर हजार छह सौ अस्सी लोगों को अबतक दूसरी डोज लगाई जा चुंकी है

केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस बारे में सुचित कर दिया है

मंत्रालय ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस बारे में आवश्यक बदलाव कर दिए गए हैं

इसके अलावा दूसरे टीके के लिए पहले से किए गए पंजीकरण मान्य होंगे

मंत्रालय ने राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों को टीकाकरण केन्द्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे टीके के लिए पहले से ही पंजीकृत लोगों को बिना टीका लगाए वापस ना भेजने का निर्देश दिया है टीकाकरण केन्द्रों पर लाभार्थियों को जागरूक करने की सलाह दी गई है

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे जारी किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड रोधी दवा टू डीऑक्सी डी ग्लूकोस विकसित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा डॉक्टर रेड्डीज लैब के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की है उन्होंने कहा कि यह दवा वैज्ञानिकों की एक साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने में यह दवा काफी हद तक प्रभावी है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित इस दवा को हाल ही में भारतीय औषधि महानियंत्रक ने आपात सेवा के दौरान इस्तेमाल की मंजूरी दी थी डॉक्टरों के मुताबिक कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए प्लाजमा दान बहुत जरूरी माना गया है

केदारनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह पारंपरिक धार्मिक श्रद्वा और आस्था के साथ खोल दिये गये शीतकालीन अवकाश के बाद वैदिक मंत्रोच्चार और अन्य धार्मिक अनुष्ठान के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई इस अवसर पर मंदिर को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया था

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता स्थानीय सांसद जयंत सिन्हा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल समेत कई अधिकारी मौजूद थे

कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सताइस मई तक जारी है कल से पाबंदियों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गयी है खासकर निजी वाहनों दो पहिया और चार पहिया वाहन के परिचालन के लिए सरकार द्वारा ई पास अनिवार्य किया गया है

इसके तहत पहले दिन एक लाख बीस हजार लोगों ने ई पास का लाभ उठाया है

इस संबंध में झारखंड के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने सुरक्षा में तैनात सभी पुलिस कर्मियों के लिए विशेष संदेश जारी किया है राज्य सरकार ने गांवों में कोरोना संक्रमण का फैलाव को रोकने के लिए प्रखंड स्तर पर कोविड टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किया है

इस रिथति पर नियंत्रण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को अपेक्षाकृत मजबूत करने की जरूरत है ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की जांच ससमय जांच परिणाम समुचित संख्या में सुव्यवरिथत आइसोलेशन केंद्र की स्थापना समुचित उपचार एवं जागरूकता संबंधी प्रभावी कार्य योजना बनाने की दिशा में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड कोविड टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा देश में विकसित भारत बायोटेक का कोविड रोधी टीका कोवैक्सीन भारत और ब्रिटेन में पाये गये कोरोना वायरस स्ट्रेन पर कारगर साबित हुआ है मेडिकल जर्नल क्लीनिकल इंफेक्शियस डिसिजेज में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन सहित कोरोना वायरस के मुख्य वैरियंट्स को बेअसर करने में सफल है राष्ट्रीय विषाणु संस्थान और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से यह अध्ययन किया था सिमडेगा जिला प्राासन कोरोना के मामलों में कमी लाने और संक्रमितों के स्वस्थ होने को लेकर सजग है

इस सर्वे के दौरान प्रखंड के एक एक परिवार का आंकड़ा तैयार किया जाएगा

इस सर्वे में गांव के सहिया आंगनबाड़ी सेविका तथा गांव के शिक्षक मुख्य रूप से कार्य करेंगे उपायुक्त अरवा राजकमल के निर्देश पर सभी प्रखंड क्षेत्रों में इसे लेकर बैठक की गई कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज के लिए तय मानक से ज्यादा वसूली किये जाने की शिकायत को रांची उपायुक्त छवि रंजन ने आयुष्मान नर्सिंग होम अरसंडे कांके और सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इटकी रोड को शोकाँज जारी किया है

सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इटकी रोड पर इलाज के लिए तय मानक से ज्यादा वसूली करने का आरोप है

एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि आरआईटी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जा रही है उन्होंने बताया कि डॉक्टर ओपी आनंद ने टीम को सहयोग नहीं किया बल्कि स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ अपशब्द भाषा का प्रयोग भी किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है पत्र सूचना कार्यालय चेन्नई के पूर्व निदेशक सी मुथुवैल का आज चेन्नई में निधन हो गया

श्री मृथ्येल कोविड संक्रमित थे और उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था वे भारतीय सुचना सेवा के अधिकारी थे उन्होंने आकाशवाणी द्रदर्शन डीएवीपी डीएफपी और रक्षा मंत्रालय चेन्नेई में जनसंपर्क अधिकारी को रूप में भी कार्य किया था झारखंड में चक्रवाती तूफान तोकते का असर नहीं पड़ेगा

वहीं कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होगी मौसम विभाग रांची के मुताबिक चक्रवाती तूफान तोकते का असर झारखंड में नहीं देखने को मिलेगा इसकी जानकारी मौसम केंद्र की ओर से ट्वीट कर दी गयी है